इस अवसर पर मुख्यमंत्री कमलनाथ विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति विपक्ष के नेता गोपाल भार्गव सहित मंत्रिमण्डल के सदस्य सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे शपथ ग्रहण के बाद राज्यपाल को मुख्यमंत्री मंत्री और वरिष्ठ नेताओं तथा अधिकारियों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर शुभकामनायें दीं श्री टण्डन इससे पहले बिहार के राज्यपाल थे प्रदेश की तत्कालीन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को उत्तरप्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है

मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश को सर्वाधिक बाघ वाले राज्य का दर्जा मिलने पर खूशी जाहिर की है इसके लिए उन्होंने सभी टाइगर रिज़र्व की प्रबंधन टीम को बधाई दी है नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत दुनिया में बाघों के लिए सबसे सुरक्षित जगह है लिहाजा बाघों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है

इस अवसर पर भोपाल में राज्यस्तरीय कार्यक्रम पूरानी विधानसभा स्थित मिण्टो हाल में आयोजित किया जा रहा है यहां मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बाघों की कहानी मुन्ना की जुबानी पुस्तिका का विमोचन किया इस दौरान वन रक्षक सुमेरीलाल यादव सतपुडा लैण्डस्केप टाइगर पार्टनरशिप हीरो अवार्ड से सम्मानित किया गया शहडोल से हमारे संवाददाता ने बताया है कि विश्व बाघ दिवस के अवसर पर जिले में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है जिले में स्थित बांधवगढ़ नेशनल पार्क में सत्तर बाघ हैं इसके अलावा बांधवगढ़ से सटे जैसिंह नगर और ब्यौहारी के जंगल में पन्द्रह बाघों का विचरण देखा गया है

जीत के बाद श्री येदियुरप्पा ने सदन में अनुदान मांगों के साथ विनियोग विधेयक पेश किया उन्होंने कहा कि वे बदले की राजनीति नहीं करेंगे और क्षमा करने के सिद्धान्त पर काम करेंगे उन्होंने कहा कि राज्य में प्रशासन तंत्र जर्जर हो चुका है और उनकी प्राथमिकता इसे फिर से पटरी पर लाने की होगी कांग्रेस नेता सिद्धरमैया ने विश्वासमत का विरोध करते हए कहा कि येदियुरप्पा सरकार असंवैधानिक और अनैतिक है

इस मौके पर राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के शिवमंदिरों में सुबह से श्रद्धालु पूजा अर्चना कर रहे हैं उज्जैन से हमारे संवाददाता ने बताया है कि यहां तड़के भगवान महाकाल की विशेष पूजा अर्जना की गई इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे

महाकालेष्वर की पालकी रामघाट पहंचेगी जहां क्षिप्रा नदी के जल से उनका अभिषेक और पूजन किया जाएगा इसके बाद पालकी षहर के विभिन्न मार्गो से होते हए मंदिर पहुंचेगी खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में भी भगवान की शाही सवारी निकाली जायेगी वहीं आगर मालवा जिले में सावन के दूसरे सोमवार पर भक्त शिवालयों में भोलेनाथ की अराधना कर रहे हैं उधर विदिशा में अच्छी बारिश की कामना करते हुए चौरासी तीर्थों की नदियों के जल से भगवान भोलेनाथ का महाअभिषेक किया गया सतना शाजापुर धार ग्वालियर शिवपुरी अशोकनगर गुनानरसिंहपुर होशंगाबाद जबलपुर रायसेन सागर डिण्डौरी नीमच सहित विभिन्न जिलों से सावन के दूसरे सोमवार पर शिवालयों में विशेष अनुष्ठान के समाचार मिले हैं

जिला कलेक्टर ने यहां अधिकारियों को राहत और बचाव के निर्देश दिये हैं